प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गंगा की सफाई के उद्येश्य से राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री ने अब तक हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और गंगा की सफाई के लिए सुझाव दिये बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे मिशन से जुड़ी एक प्रदर्शनी का दौरा किया जिसमें गंगा की सफाई के लिए किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया गया था

इनउ च्च संस्थानों में कृषि उड्यन डिजाइन और पेट्रोलियम व ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों से संबंधित संस्थान शामिल हैं सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत अपने सतत् विकास के लिए पूरी तरह तैयार है जैसे कि ये गरीबी को खत्म करने वाला और मध्य वर्गीय देश बनने की ओर अग्रसर है उन्होंने कहा कि इनमें से प्रत्येक संस्थान देश के सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा राष्ट्रपति ने कहा है कि केन्द्रीय विश्व विद्यालय अपने उपयोगी अनुसंधान के साथ सतत् कृषि और उत्पादकता को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग दे सकती है सम्मेलन के दौरान विभिन्न संस्थानों के प्रमुखों के अलग अलग समूह बनाए गए जिन्होंने छात्रों व उद्योगों में संपर्क बनाने हेत् नवाचार और उद्यमशीलता को बढावा देने जैसे मुद्दों पर प्रस्तुतियां दी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने आज गुरुग्राम का दौरा कर बच्चों का खेल अभ्यास देखा तथा उनकी खेल प्रतिभा की सराहना की इसके अलावा उन्होंने स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों को नकद इनाम देकर पुरस्कृत किया मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से खेल एवं खिलाडियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इसके अलावा प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिक से अधिक खिलाड़ी तैयार करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज करनाल जिला की मुनक पुलिस चौंकी को अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हए बताया कि पुलिस थाना बनाने का कार्य मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल था

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारे युवा चपड़ासी नहीं स्वयं का रोजगार कर मालिक बने

उन्होंने कहा कि मछली पालन युवाओं के लिए बहुत अच्छा रोजगार है जिसमें जितनी प्रंजी लगेगी वो एक साल में पूरी हो जाएगी श्री दलाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य मछली पालन में हरियाणा को तीसरे से पहले स्थान पर लाना है

मीडिया से रूबरू हुए क्रषि मंत्री ने बताया कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे युवा चपड़ासी लगने के लाख प्रयास करते है लेकिन उन्हे स्व रोजगार अपनाना चाहिए प्रदेश के कई जिलो में हुई ओलावृष्टि को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रभावित जिलों के उपायुक्तों को विशेष गिरदावरी के निर्देश दे दिए हैं

आज पंचकला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान पांच आरोपियों को छोड़ सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए बचाव पक्ष के वर्कील सतीश कादयान ने बताया कि आज इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा आरोप पर बहस की गई है और अगली सुनवाई में सीबीआई द्वारा आरोप पर बहस की जाएगी उधर डेरा प्रमुख राम रहीम पर डेरा प्रबंधक रंजीत हत्या मामले में पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष अदालत में सुनवाई हुई

मामले में अन्य तीन आरोपी संबदिल अवतार ओर जसंबीर प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए आज इस मामले में सीबीआई अदालत में अंतिम बहस शुरू हुई

पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि बहस समाप्त होने के बाद मामले में बड़ा फैसला आ सकता है

इस मेले को बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है जिससे हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ निजी स्कूलों में पढने वाले बच्चे भी इस मेले में हिस्से ले सकते हैं इसके अलावा दूसरे जिलों और इलाकों से आने वाले बच्चों के लिए बस सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें बच्चों को लाया जा सके इस मेले में हरियाणा के सभी जिलों से लाखों बच्चे भाग लेंगे बाल महोत्सव का मुख्य उद्येश्य यही है कि बच्चों को हरियाणा की संस्कृति के साथ साथ मेले का माहौल मिल सके वहीं इस मेले में बच्चों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता के साथ साथ कई खेलों को भी शामिल किया गया है

इससे पहले वे महाराणा प्रताप बागवानी विश्व विद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक रह चुके हैं

इसके इलावा विश्वविद्यालय में किसानों को बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण व आध्रनिक तकनीक की जानकारी भी दी जाएगी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र उचानी में किसानों के लिए कीटनाशियों का सुरक्षित एवं उचित प्रयोग करने के लिए राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमे संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि फसलों में अंधाधुंध प्रयोग हो रहे कीटनाशकों के कारण हमारा खाद्य पदार्थ भी जहरीला हो रहा है यही कारण है कि मनुष्य प्रतिदिन गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहा है अगर बीमारियों से बचना है तो फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग और उसकी मात्रा की जानकारी अवश्य होनी चाहिए इस तरह की खेती करके किसान कम खर्च में अधिक फसल पैदा कर सकते हैं बागबानी विभाग के प्रबंध निदेशक डॉ बीएस सेहराब ने कहा कि फसलों में अत्यधिक कीटनाशकों के प्रयोग के कारण जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो रही है उन्होंने कहा कि कीटनाशक के भूजल में मिलने से बीमारियां बढ़ रही हैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पिछले रविार को हुई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटैट के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के खण्डन किया है यह स्पष्टीकरण कानपुर से प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के बाद आया है सीबीएसई ने एक बयान में कहा कि परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंडा पहले प्रश्न पत्र लीक होने की खबर भ्रामक और आधारहीन है बयान में कहा गया है कि सीबीएसई के प्रतिनिधि ने लखनउ के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और यह पुष्टि की गई है कि प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है